राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संघ के आहवान पर आज हरियाणा में डाक्टर हड़ताल पर रहे

आज संत कबीर जी का प्रकाश उत्सव पूरी श्रद्वा से मनाया जा रहा है आज बंजर तथा सूखे से निपटने के विश्व दिवस को जन जागरूकता बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर विचार के रूप में मनाया जा रहा है इस वर्ष का विषय है आओ मिलकर भविष्य बनाये

उन्होंने कहा कि स्वस्थ् और अच्छे उत्पादन वाली भूमि से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ भी होगा बाद में नई दिल्ली मे एक समारोह को सम्बोधित करते हये श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत बंजर और स्खे की समस्या के साथ म्काबले मे एक मिसाल कायम करेगा और इस दिशा मे विश्व को सहयोग देगा इस मौके प उन्होंने उचित जल प्रबंधन को भी आवश्यक्ता बताई राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संघ के आहवान पर आज हरियाणा के डाक्टरों ने हड़ताल रखी डाक्टरों ने बंगाल में डाक्टरों के साथ हई हिंसा के विरोध मे उनके विरोध प्रदर्शन के प्रति समर्थन जताया पलवल सिरसा ग्रूग्राम फरीदाबाद भिवानी अम्बाला व यम्नानगर से मिली खबरों के अन्सार सभी अस्पतालों में ओपीडी व सामान्रू सेवायें बदं रही हड़ताल मे निजी अस्पतालों और क्लीनिक के डाक्टरों ने भी भाग लिया सरकारी अस्पतालों मे डाक्टरों ने काली पट्टी लगाकर रोष व्यक्त किया और सरकार से स्रक्षा की मांग की सिरसा में आईएमए के अध्यक्ष डा सतीश बंसल ने कहा कि चिकित्सकेां पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए डाक्टरों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून बनाने की मांग की जिसमें अस्पतालो मे तोड़ फोड़ व चिकित्सकों के साथ मारपीट के मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके डाकटरों द्वारा हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवायें आम दिनों की तरह जारी रखने की घोषणा के बावजूद ग्रूग्राम में आपातकालीन सेवायें भी प्रभावित रहीं यम्नानगर में आईएमए के जिलाध्यक्ष डा रमेश जिंदल की अग्वाई मे रोष मार्च निकाला गया उधर डाक्टरों द्वारा सेवाये न दिये जाने से परेशान मरीजो ने कहा कि डाक्टों की हड़ताल नहीं होनी चाहिए उधर अभी अभी मिली जानकारी के अन्सार बंगाल की म्ख्यमंत्री ममता बैनर्जी की डाक्टरों के साथ बैठक संपन्न हो गई है

नगर निगम की मेयर मध् आज़ाद ने बतायाकि ग्रूग्राम को घटते जलस्तर के कारण डार्क जोन घोषित किया गया है इसलिये नगर निगम ने यह योजना बनाई है उन्होंने कहा कि जल संरक्षण का प्रचार भी किया जायेगा ताकि बारिश के पानी का सही उपयोग हो सके और जल भराव की समस्या से भी निजात मिले

हडा की भी जल संरक्षण सिस्टम को साफ किया जायेगा ताकि बारिश के कारण जल भराव न हो

फ्रांस से लाई इस मशीन की कीमत तीन करोड़ रूपये है इस मौके पर विधायक ने कहा कि रिवाड़ी क्षेत्र के लोगों को अब पत्थरी के इलाज के रोहतक दिल्ली या ग्रूग्राम नहीं जाना पड़ेगा ये मशीनें पत्थरी को किरणों से तोड़ देती है और मूत्र के जरिये पथरी के ट्कड़े बाहर निकल जाते है उन्होनें कहा कि क्षेत्र में सरकारी मेडिकल स्विधाओं में सृधार हआ है और रिवाड़ी जिला संस्थागत प्रसूति में प्रदेश भर में प्रथम रहा है

शहरी स्थानीय निकाय महिला एवं विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वाराअनुसूचित जाति बैकलाग को हर वर्ष भरा जाएगा ताकि पूर्व सरकारों के दौरान उत्पन्न इस असंत्लन की खाई को पाटा जा सके

उन्होंने आमजन विशेषकर य्वा वर्ग से संत कबीरदास की विचारधारा पर आगे बढ़ने का भी आहवान किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संत कबीरदास के न काह से दोस्ती न काह से बैर के दोहे पर चलते हए पूरे प्रदेश का विकास करा रहे हैं जिसमें बीत साढे चार वर्षो में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के कारण आज आमजन को योगयता के आधार पर लाभ मिलना सूनिश्चित हुआ है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास वाक्यांश भी भी संत कबीर के दोहों से मिला है

हरियाणा में इस मौके पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हआ म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जींद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हये और लोगों को जाति से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाने का संदेश दिय संत कबीर दास के ना काह से दोस्ती ना काह से बैर दौहे का जिक्र करते ह्ये उन्होंने कहा कि सरकार इसका अनुसरण करते ह्ये काम कर रही है उन्होंने धानक समाज के लोगों को राजनीतिक निय्क्तियों में शामिल करने का आश्वासन दिया भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में सांसद धर्मबीर सिह सैनी म्ख्य अतिथि के तौर पर शामिल हये उन्होंने संत कबीर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करने के बाद लोगों को कबीर के दिखाये गये मार्ग पर चलने का आहवान किया कार्यक्रम में शामिल हये विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी संत कबीर की जीवन पर प्रकाश डालते हये कहा कि महापुरूष किसी जाति विशेष के नही सभी के होते है सोनीपत मे आज म्ख्यमंत्री ने मीडिया सलाहकार राजीवन जैन ने सूंदर सांवरी मे कबीर सत्संग भवन का शिलान्यास किया उन्होंने इस मौके पर बोलते हये कहा कि प्रदेश में वर्षो से उत्पीडि़त समाज ने अब राहत की सांत ली है मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संत महात्माओं की जयंती राज्य स्तर पर मनाये रहे है बिलासप्र के कपाल मोचन व सढौरा में भी कार्यक्रम आयोजित कर संत कबीर की बाणी का ग्णगान किया गया और मीठे पानी छबीले व भंडारे लगाये गये पलवल से भी कबीर जंयती मनाये जाने के समाचार मिले है वहां भाजपा नेताओं ने संत कबीर के चित्र पर प्रष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और लोगों से जीवन कबीर के जीवन से प्ररेणा लेने को कहा

उन्होंने इन सभी अधिकारियों से एक एक करके बातचीत की और प्रशिक्षण से ज्ड़े उनके अन्भवों के बारे में जाना